सात जनवरी को मुख्यमंत्री पौड़ी में करेंगे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ

बागेश्वर में तीन खड़िया खानों का मलबा नदी में गिराये जाने पर जिलाधिकारी ने की कार्रवाई खनन पर अस्थाई रोक लगी स्लग ग्रोथ सेंटर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खाली पड़े स्कूल भवनों और पटवारी चौकियों का प्रयोग ग्रोथ सेन्टर के लिए करने के निर्देश दिये हैं आज देहरादून में ग्रोथ सेन्टर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बीरोखाल नैनीडांडा के पास लखौरी में वहां की प्रसिद्व स्थानीय पीली मिर्च के कलस्टर विकसित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा ग्रोथ सेन्टर की फंडिग के लिए विश्व बैंक ने सहमति दी है नाबार्ड से भी धन की समुचित व्यवस्था की गई है पौड़ी जिले के एकेश्वर में अमोठा एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर के जरिए हल्दी और मिर्च के कलस्टर विकसित करने काम शुरू हो रहा है इसके अलावा एकेश्वर में सीमार धौलादेवी में नाली रायपुर के ग्राम पंचायत थानो कंपकोट चकराता के पुनाह पोखरी में जौनपुर में ख्यार्सी एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर इस वितीय वर्ष की मार्च तक कार्य करना शुरू कर देंगे वहीं सुचना प्रौद्यागिकी विकास ऐजेन्सी द्वारा राज्य में पांच आईटी आधारित ग्रोथ सेन्टर विकसित किए जा रहे है इन पांच ग्रोथ सेन्टरों में तीन गढ़वाल में जबकि दो कुमाऊं मण्डल में स्थापित किए जा रहे हैं

वन पंचायतें कृटकी कीड़ा जड़ी उत्पादन सॉयल कन्जर्येशन जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है मुख्यमंत्री ने वन संरक्षक प्रमुख को वन पंचायतों की विशेष भौगोलिक स्थितियों में वन उत्पाद को लेकर अध्ययन करवाने के निर्देश दिये स्लग समीक्षा बैठक प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना और दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना की समीक्षा बैठक ली

योजना का शुभारंभ कार्यक्रम पौड़ी के नये बस अड्डे में आयोजित किया जाएगा डॉ रावत ने मुख्य चिकित्साधिकारी से जिले के सभी ब्लाकों में योजना से लाभांवित होने वाले लोगों की जानकारी ली जिले में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत एक लाख परिवारों को योजना से लाभावित किया जाएगा डॉ रावत ने दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत बैंकों द्वारा काश्तकारों को मुहैया कराये जा रहे ऋण की जानकारी भी ली उन्होंने बैंक एवं सहकारिता विभाग को निर्देश दिये कि योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को ऋण देना सुनिश्चित किया जाए खासतौर पर महिलाओं और महिला समूहों को पांच लाख रूपये तक के ऋण दो प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाए उन्होंने प्रत्येक ब्लाक में एक एक हजार किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये स्लग प्रकाश पंत प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत ने बुधवार को पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट और देव सिंह मैदान के पास निर्माणाधीन बहुमंजिली वाहन पार्किंग का निरीक्षण किया पेयजल मंत्री ने कहा कि यह किला पिथौरागढ़ जिले की ऐतिहासिक धरोहर है इसके संरक्षण के लिए सुधारीकरण कार्य के बाद इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी श्री पंत ने कहा कि किले के भीतर एक संग्रहालय भी तैयार किया जा रहा है उन्होंने पर्यटन सचिव को निर्देश दिए कि किले में जिले के ऐतिहासिक सांस्कृतिक काष्ठ कला की जानकारी से संबंधित वस्तुओं को भी रखा जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को इनकी जानकारी मिल सके श्री पंत ने देव सिंह मैदान के पास निर्माणाधीन बहमंजिली कार पार्किंग का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि मैदान और पार्किंग के बीच खाली स्थान को बंद करते हुए पवेलियन बनाया जाए स्लग सोहराबुद्दीन पर सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सोहराबुद्दीन इनकाउन्टर केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन ग्रहमंत्री और मौजूदा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को दोष मुक्त करार दिया है उन्होंने कहा कि इस निर्णय से साफ हो गया है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाया गया था बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा यह प्रचारित किया गया था कि अमित शाह को तड़ीपार किया गया है जबकि उन्होंने खुद उस समय परिवार सहित गुजरात से बाहर रहने का निर्णय लिया ताकि सीबीआई जांच प्रभावित न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस की भ्रष्टाचारी नीति का पर्दाफाश हुआ है

यह पहला मौका है जब मुख्य सचिव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस की भूमिका अत्येत सराहनीय है इंवेटर्स समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में आये व्यवसाइयों ने भी उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना की है बैठक में पुलिस के कार्यो भावी योजनाओं और वित्तीय संसाधनों को लेकर चर्चा हुई ताकि पुलिस को और बेहतर सुविधाएं दी जाएं वहीं डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा की ये गर्व का विषय है की मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली को समझा और भावी योजनाओं से रूबरू हुए बैठक में पुलिस के कार्यों और बेहतरी पर भी मुख्य तौर पर चर्चा की गई स्लग खनन रोक बागेश्वर के दफौट क्षेत्र में खड़िया खान का मलबा कौशल्या नदी में फेंकने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तीन खानों में खनन पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है नदियों में हो रहे प्रदूषण की जांच के बाद ही इन खड़िया खानों के भविष्य का फैसला लिया जाएगा दफौट क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि क्षेत्र के खड़िया खनन मालिक खनन का मलबा कौशल्या नदी में फेंक रहे हैं इस कारण नदी का पानी प्रद्रषित हो रहा है ग्रामीणों ने इस पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की थी शिकायत सही पाये जाने पर जिलाधिकारी ने केडी माइन्स कठमुलिया गडेरीखेत और पोखरी माइन्स को अस्थाई तौर पर बंद करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि जब तक माइन संचालक मानकों का पालन नहीं करेंगे और ग्रामीणों के पानी की योजनाओं को ठीक नहीं करेंगे तब तक सभी खानें बंद रहेंगी

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में कार्य सम्पादन के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों को हायर करने की जरूरत होगी उन्होंने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर चुके केरल और गोवा का भ्रमण राज्य के खेल अधिकारियों से कराने के निर्देश भी दिये

प्रशिक्षण में महिलाओं को डेयरी और वर्मी कंपोस्ट कृषि के साथ ही पशुपालन के बेहतर तरीके की जानकारी दी गई आजीविका परियोजना तकनीकी समन्वयक ने बताया की पहाड़ में पशुपालन और कृषि की अपार संभावनाएं हैं और इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से लोग जागरूक हो रहे हैं स्लग प्रेस क्लब सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संचार क्रांति के इस दौर में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है उन्होंने मीडिया से सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा की बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब के नव निर्वाचित कार्यकारणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उन्होंने कार्यकारणी के सदस्यों से अपेक्षा की कि वे सरकार द्वारा जनहित से जुड़े कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं को स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता तक पहंचाने में मददगार बने

विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में कहा कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे